राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कल से बस सेवा पर रोक तो निजी वाहनों के लिए ई पास जरूरी शादी समारोह में ग्यारह लोग हो सकेंगे शामिल राज्य सरकार ने पचास बेडों से ज्यादा की क्षमता वाले सभी निजी अस्पतालों को पैंतालीस दिनों के अन्दर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिया निर्देश राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने राज्यों को जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों के संचालन का दिया परामर्श सभी पेय जल स्रोतों का वर्ष में एक बार रसायन प्रदूषण और दो बार विषाणु की मौजूदगी की हो जांच

इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिला स्थिति जांच क्षमता ऑक्सीजन की उपलब्धता स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढ़ांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्तुतिकरण दिए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना उन राज्यों में बहत आवश्यक है जिनमें संक्रमण की दर अधिक है प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों ने आरटी पीसीआर और रेपिड एंटीजन टेस्ट के जरिये जांच बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा प्रधानमंत्री ने क्छ राज्यों में ऐसे वेंटीलेटर पर गंभीर चिंता जताई जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटीलेटरों को लगाने और उनके इस्तेमाल की तत्काल जांच की जानी चाहिए इस मौके पर प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि देश में कोविड जांच तेजी से चल रही है

अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे कोविड संक्रमण दर घट रही है बैठक में भविष्य में टीके की उपलब्धता की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कल सबेरे छह बजे से कई और नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे इसके तहत अंतर राज्य और अंतर जिला बस परिवहन सेवा पर रोक लग जाएगी वहीं निजी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास लेना होगा हालांकि अनिवार्य सेवाएं और टैक्सी सर्विस जारी रहेगी शादी समारोह भी घर पर आयोजित किए जा सकेंगे और अधिकतम ग्यारह लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना होगा यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बहतर घंटे के अंदर राज्य के बाहर चले चाएंगे इसके साथ ग्रामीण इलाकों में हाट बाजार में सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने संबंधी निर्देश भी सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए गए हैं ज्ञात हो कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को तीसरी बार बढ़ाया गया है

सरकार ने कहा कि यह सहायता राज्यों को उचित ढंग से भेजी जा रही है

राज्य सरकार ने पचास बेडों से ज्यादा की क्षमता वाले सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया है इसके लिए इन अस्पतालों को पैंतालीस दिनों का समय दिया गया है

इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन दवाई वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार विमर्श हुआ वहीं टेस्टिंग और टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा हुई उन्होंने बताया कि संक्रमण के फैलाव को रोकने और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियां चलाने का राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है परामर्श में कहा गया है कि जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों से न केवल बच्चों और लोगों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकेगा बल्कि उनका जीवन भी सुरक्षित होगा सभी पेय जल स्रोतों को वर्ष में एक बार रसायन प्रदूषण के लिए और दो बार विषाणु की मौजूदगी के लिए जांचा जाना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक गांव में कम से कम पांच व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं का चयन किया जाना चाहिए और उन्हें जल गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण देना चाहिए

इधर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हल्के संक्रमण में स्टेराइड नहीं लिया जाना चाहिए

अठारह साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के लिए कल से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है वे खुद भी टीका ले रहे हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं

याचिकाकर्ता ने अदालत स्थानीय परिवहन के लिए ई पास की बाध्यता खत्म करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है याचिका में यह भी कहा गया है कि ई पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है और सरकार द्वारा जारी ई पास से संबंधित आदेश में कई खामियां हैं

प्रवासी मजदूरों की वापसी आने का सिलसिला लगातार जारी है आज गिरिडीह जिले के पांच सौ उनचालीस प्रवासी मजूदर वापस लौटे ये सभी प्रवासी मजदूर कल रात ही गुजरात के सूरत से ट्रेन के माध्यम से रांची के हटिया स्टेशन पहुंचें थे इसके बाद गिरिडीह जिले भेजे गए दंडाधिकारियों की निगरानी में इन सभी मजदूरों को बस से बगोदर लाया गया

टीका केंद्रों में टीका लेने के लिए युवा पहुंच रहे हैं

ग्ममला जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों के बीच मई और जून माह का अनाज वितरित करने के निर्देश उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयम के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी लाभुकों को पांच किलोग्राम खाद्यान मुफ्त मेँ दिया जाएगा उन्होंने कहा कि अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी गढ़वा जिला के भवनाथप्र केतार मार्ग पर सिंघिताली गांव के समीप एक यात्री वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया इनमें से तीन लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है

ऐसे में बाइक एंबुलेंस सेवा कारगर साबित होगा पलामू जिले के सभी अधिवक्ता व सहकर्मी सताईस मई तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे अधिवक्ता संघ तदर्थ समिति की आज हई बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए यह निर्णय लिया गया सरायकेला खरसांवा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया

इसके साथ ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है पलामू जिले के मेदिनीराय महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में इंटक के द्वारा सहायता शिविर लगाया गया है यहां कोविड मरीजों के परिजनों के लिए भोजन पेयजल मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है